भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची

केन्द्रीय मंत्रिमंडल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित छह राज्य इसके अन्तर्गत आएंगे

इधर प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है इसी कड़ी में एम्स भोपाल के निदेशक सरमन सिंह ने लोगों से कोरोना के बचाव के उपाय साझा किए

इस अवसर पर श्री पाठराबे ने कोरोना पर नियंत्रण के संबंध में वहां मौजूद लोगों को शपथ दिलाई

कार्यक्रम में यूनिसेफ के संचार अधिकारी अनिल गुलाटी पीआईबी के निदेशक अखिल नामदेव और दूरदर्शन आकाशवाणी के समाचार एकांश की संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे

आज अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने आज अपना पर्चा दाखिल किया उधर अशोकनगर से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया खंडवा जिले की मानधाता सीट से भाजपा उम्मीद्वार नारायण पटेल ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया

इंदौर जिले के सांवेर से भाजपा उम्मीदवार तुलसी राम सिलावट ने भी आज नामांकन दाखिल किया इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सासंद शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की पोहरी विधानसभा सीट से भाजपा कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये वहीं करेरा में बसपा के राजेन्द्र जाटव ने पर्चा भरा यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने भी आज नामांकन भरा

स्टार प्रचारक भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है

भाजपा के स्टार प्रचारकों की सुची में कांग्रेस को छोडकर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है हालांकिसाथ कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हुए उनके किसी भी समर्थक का नाम इस लिस्ट में नहीं है कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सिंधिया कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे

कल से विद्यार्थी इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर सकते है

नमस्कार